और पटना में राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नौ अक्टूबर से होगा शुरू

खान और भूत्तव विभाग बालू खनन की बेहतर व्यवस्था के लिए नदी घाटों पर धर्म कांटा और ई चालान की व्यवस्था करेगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से पहली जुलाई से तीन महीने के लिए नदियों के खनन के लिए प्रतिबंद्व लगा दिया गया था बालू का कारोबार करने के लिए पूरे प्रदेश में एक हजार बहत्तर लोगों को लाईसेंस दिये गये हैं इनमें पटना जिले में तेरासी गया में बानवे और औरंगाबाद में बहत्तर लोगों को अनुज्ञप्ति मिली है प्रमुख इंटरनेट कम्पनी गूगल तथा सोशल मीडिया हैंडल ट्वीटर और फेसब्क ने निर्वाचन आयोग को अपने प्लेटफार्म के गलत इस्तेमाल नहीं होने के प्रति आश्वस्त किया है इन कम्ननियों ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वे अपने प्लेटफार्म का इस्तेमाल किसी भी ऐसी विषय वस्तु के लिए नहीं होने देंगे जिससे चुनावों की सुचिता पर कोई असर पड़ता हो साथ ही कम्पनियों वोटिंग से अड़तालीस घंटे पहले हर तरह की चुनावी पोस्ट को बंद कर देंगी संवाददाताओं से बातचीत करते हुये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि कम्पनियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि राजनीतिक विज्ञापनों को खर्च की गयी धनराशि सहित चिन्हित किया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे चुनाव प्रचार के दौरान दलों और उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब किताब रखा जा सकेगा राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराये बिल्डिंग निर्माण कराने वाले बिल्डिरों पर अब पांच गुना जुर्माना लगेगा बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आज से इकतीस अक्टूबर तक पंजीकरण कराने वाले चालू प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख या रजिस्ट्रेशन फी के पांच गुना तक जुर्माना वसूला जायेगा इधर रेरा को अब तक लगभग सात सौ पचास परियोजनाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन मिला है जिनमें से एक सौ नब्बे को मंजूरी मिली है राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में गैर सक्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर आज से साठ रूपये महंगे हो जायेंगे अब ये सिलेंडर नौ सौ छिहत्तर रूपये पचास पैसे में मिलेगा वहीं सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में दो रूपये नवासी पैसे की वृद्धि की गयी है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर देश की अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल ने ये फैसला लिया है अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने संदेश में कहा है कि व्रद्वजन की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुये उन्हें समुचित सम्मान के साथ सहयोग देने की आज नितांत आवश्यकता है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्रद्धजनों के लिए विशेष पहल की जा रही है इनमें आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर वृद्धजनों का सम्मानपूर्वक संरक्षण तथा उनकी देखभाल के वैधानिक प्रावधान सहित विशेष व्यवस्थाओं के बहु आयामी प्रयास सम्मिलित है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि दस अक्टूबर तक बढ़ा दी है छात्र बिना विलंब शुल्क के चार अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं जबकि पांच से दस अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जायेंगे समिति ने फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने में छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाईन नम्बर छह एक दो दो दो तीन दो दो चार नौ और दो दो दो सात पांच आठ आठ जारी किया है एनके सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग की टीम आज पटना में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से बात करेगी इस दौरान प्रदेश के विकास संबंधी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जायेगी आयोग की टीम कल नालंदा और राजगीर का दौरा करेगी तीन अक्टूबर को यह टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी इस बैठक के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के प्रस्ताव के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज के बारे में भी चर्चा होने की सम्भावना है प्रदेश का प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय ने एक सौ एक साल पूरे कर लिये है विश्वविद्यालय के एक सौ एकवें स्थापना दिवस के अवसर पर आज कुलाधिपति सह राज्पाल लालजी टंडन सीनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा समेत अन्य जेलों में बंद सात कैदियों को क्षमादान दिया जायेगा यह जानकारी जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने दी है इधर पटना के बेउर केन्द्रीय कारा से भी तीन कैदियों को मुक्त किया जायेगा सीतामढी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के बठौल गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार हत्या कर दी वहीं जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के महिसौथा पंचायत में सांप काटने से दो लोगों की मौत हो गयी पूर्णियां जिले के सरसी थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

वंश वृद्धि और संतान की लम्बी आयु के लिए महिलाए नहाय खाय के साथ व्रत का संकल्प लेंगी व्रती कल चौबीस घंटे का निरजला निराहार व्रत रखेगी जिउतिया पर्व के अवसर पर कुश के जीमूतवाहन और मिट्टी गोबर से निर्मित प्रतिमा बनाकर व्रती पूजा अर्चना करेंगी राजधानी पटना में नौ से पन्द्रह अक्टूबर तक राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू होगा इस टूर्नामेंट में सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों से अन्डर फिफटीन और अन्डर सेवेंटीन आयु वर्ग के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे बिहार बैडमिंटर संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्यिकी ने बताया कि टूर्नामेंट के बालक और बालिका वर्गो में एकल युगल मिश्रित युगल समेत नौ स्पर्धाएं होंगी

गुजरात के आणंद में खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में बिहार ने सिक्किम को दो सौ बानवे रनों के बड़े अन्तर से पराजित किया है बिहार की ओर से मोहम्मद रहमतउल्लाह ने तूफानी पारी खेलते हुये एक सौ तीन गेंदों पर एक सौ छप्पन रन बनाये बाबुल कुमार ने बानवे रन की शानदार पारी खेली बिहार की टीम ने निर्धारित पचास ओवर में छह विकेट पर तीन सौ अड़तीस रन बनाये जवाब में सिक्किम की टीम इकतीस ओवर में छियालीस रनों पर ही सिमट गयी प्लेट ग्रूप में बिहार ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज की है इसके साथ ही बिहार के बाईस अंक हो गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगुवाई में पांच सदस्यी टीम पटना पहुंची अखबार लिखता है बिहार करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है गैर रियायती सिलेंडर साठ रूपये महंगा एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है सूबे में बालू उत्खनन फिर शुरू दैनिक भास्कर ने सीमा उल्लंघन की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है भारतीय सीमा में घुसा पीओके के पीएम का हेलिकॉप्टर फायरिंग की तो लौटा प्रभात खबर की सुर्खी है रियल एस्टेट प्राधिकरण ने दिया आदेश बिना रजिस्टर्ड प्राजेक्ट पर आज से पांच गुना जुर्माना राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है बिहार में आंध्र की मछली पर रोक ज्यादा फार्मेलिन रसायन होने के कारण कैंसर का खतरा और अब अंत में मुख्य समाचार बालू उत्खनन पर प्रतिबंद्व हटा

और पटना में राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नौ अक्टूबर से होगा शुरू